इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान के दौरान वन प्रचार टीमें विभिन्न चार रूटों में जाकर लोगों को आग से वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी

उन्होंने कहा कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों गैर सरकारी संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों को वन अग्निशमन बल में शामिल किया जाएगा

बीके अग्रवाल ने लोगों से वनों में लगने वाली आग की रोकथाम में सक्रिय सहयोग देने की अपील भी की ताकि प्राकृतिक संपदा तथा जानमाल को होने वाले नुकसान को रोका जा सके इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वित्त संजय सूद तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे डीसी शिमला भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलैक्ट्रिॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिमला में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

राजेश्वर गोयल ने चुनाव के दृष्टिगत नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए है शिमला में आज विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाना बेहद जरूरी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने और सभी पात्र नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र बनाने पर भी बल दिया

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है केलंग में आज एक बैठक में उन्होंने चुनाव संबंधी जरूरी दिशानिर्देश दिए और चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के दाम भी तय किए चौधरी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में चुनावी रैली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अन्य सार्वजनिक स्थलों में रैली के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेना जरूरी है

जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने कुल्लू में आज मनाली बंजार और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल और नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही

ऑब्जर्वर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सोलन जिले में माइक्रो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी गई है

उन्होंने सभी को कार्यक्रम में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए है किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री व चंबा के भाजपा जिला चुनाव प्रभारी किशन कपूर ने कहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इसी कड़ी में प्रदेश के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है वे आज चंबा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कपूर ने कहा कि पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गद्दी समुदाय के साथ हमेशा अन्याय किया है

उन्होंने बताया कि जिले में मतदाताओं को जागरूकता अभियान के तहत मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सीविजिल मोबाईल एप्प लांच किया है स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव में लोगों की सहभागिता बढ़ाने और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश भर में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है इसी कडी में शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा और राजकीय उच्च पाठशाला डाबरी में सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज गुप्ता ने अध्यापकों व विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया

स्वीप के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी

ऋचा वर्मा ने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को छूटे हुए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करने को कहा ताकि चुनाव आयोग के कोई भी मतदाता न छूटे अभियान के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एसपी किन्नौर किन्नौर जिला में आर्दश चुनाव आचार सहिता को कड़ाई से लागू किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के अलावा पुलिस द्वारा नकदी और नशीली वस्तुओं के लेने देन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया है कि जिले में चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है

मण्डी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि जिले में पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने और घर घर तक अभियान का संदेश पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए हैं उन्होंने बताया कि आठ मार्च से शुरू हुए पोषण पखवाड़े के दौरान लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया गया उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अल्प पोषाहार रक्त की कमी और जन्म के समय बच्चों के वजन में कमी जैसी समस्याओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई इस बीच पोषण अभियान के अंतर्गत आज हमीरपुर स्थित नेता जी सुभाषचंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया मैडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टर भावेश भरवाल प्रधानाचार्य हरदेव सिंह जमवाल और एनएसएस अधिकारी मनोज डोगरा ने विद्यार्थियों को कुपोषण के विषय में जानकारी दी

पहली उड़ान भुंतर बारिंग चोखंग भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर तीसरी उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर और चौथी उड़ान भुंतर स्टिंगरी भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के शिमला मंडल ने आज शिमला में त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया

उन्होंने कहा कि सम्मेलनों के अलावा जिला परिषद वार्डों में छोटी जनसभाएं भी आयोजित कि जाएंगी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक अंतर से जीत दर्ज करेंगी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 इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों की जानकारी दी गई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 ट्वीट संदेश में वेंकैया नायड् ने कहा कि स्कूली बच्चों सहित सभी को पानी की हर द्रूंद बचाने का महत्व समझाया जाए क्योंकि पानी पर सभी का अधिकार है मुफूत चिकित्सा भारतीय भौतिक चिकित्सा संघ की राज्य इकाई ने प्रदेश के शहीद हुए जवानों के परिजनों को जरूरत पड़ने पर निशुल्क भौतिक चिकित्सा देने का प्रावधान किया हैं इकाई के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनुप कुमार ने चंबा के उपायुक्त हरिकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस पहल से अवगत करवाया है डॉक्टर अनुप ने शहीद जवानों के परिवारों की सूची देने का आग्रह भी किया ताकि वे इस सेवा से लाभान्वित हो सके